ये सुझाव माईजीओवी पर दिये जा सकते है

और देश के विकास की दिशा तय करेगा नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में धन वापसी के फर्जी दावों और कर चोरी के मामलों पर रोक लगाने के लिए उपाय करने पर विचार हुआ सम्मेलन में ऐसे मामलों की तय समय सीमा में जांच पूरी करने और उन्हें तत्काल प्रभाव से निपटाने के उपाय लागू करने के लिए केन्द्र और राज्यों के अधिकारियों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया सम्मेलन का उद्देश्य कर प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों और केन्द्र के बीच बेहतर तालमेल करना और अच्छे कार्यो को एक दूसरे से साझा करना था राज्य में पंचायती राज के पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जायेंगे नामांकन पत्रों की जांच कल की जायेगी कल दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इसके बाद चुनाव प्रतीकों का आंवटन होगा और प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित होगी

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में समी उपकरणों को अभियान चलाकर ठीक कराने के निर्देश दिए है

बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा उधर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज फिर कहा कि कोटा के जे के लोन अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु का मामला अत्यंत गंभीर है और इस मामले में निश्चत ही जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए केल अपने निवास पर जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि कुछ अन्य शहरों के अस्पतालों से मी शिशुओं की मृत्यु की खबर आ रही है उन्होंने कहा कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए जोधपुर कोटा और बीकानेर सहित प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मौतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मृत्यु के कारणों सहित संपूर्ण ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं सरकार को शिशु मृत्यु के वास्तविक आंकड़े और स्थितियां नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का विवरण भी देना होगा मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश डॉ प्रष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में कल सुनवाई के दौरान न्याय मित्र राजवेंद्र सारस्वत और कुलदीप वैष्णव ने कोर्ट का ध्यान हाल ही प्रदेश के अस्पतालों में हुई शिशु मृत्यु की ओर दिलाया

धौलपुर जिले में रात से शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक चलता रहा

इधर हनुमानगढ़ जिले में रविवार रात को शुरू हुआ हल्की बरसात का दौर पिछले तीन दिन से आज भी जारी रहा जिलेमर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है राजधानी जयपुर में भी आधी रात बाद हल्की बारिश से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है